मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें

मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोरोना संकमण लगातार कम हो रहा है इसके बावजूद अभो भी इस महामारी के प्रति हर स्तर पर सतर्कता बरतना आवश्यक है थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है

उन्होंने कहा कि राज्य में कम से कम कोरोना के डेढ़ लाख टेस्ट प्रतिदिन किये जायें जनपदों में स्थापित इंटीग्रेटेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को प्रभावी बनाये रखें इसके अलावा सर्विलांस सिस्टम और कांटैक्ट ट्रेसिंग को पूरी सकियता से जारी रखा जाना चाहिए उन्होंने कहा कि आरोग्य मेलों को पोषण संबंधी गतिविधियों से भी जोड़ा जाये और इस आयोजन में आयुष्मान भारत योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में लोगों को जानकारी दी जाये मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेलो के दौरान कोरोना से बचाव के संबंध में जागरूक किये जाने और वहां रैपिड एंटीजन टेस्ट की पर्याप्त व्यवस्था के भी निर्देश दिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्रदेश में आवास निर्माण की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं

मुख्यमंत्री आज लखनऊ में विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदश सरकार प्रवासी और निवासी श्रमिकों तथा कामगारों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए कृतसंकल्प है मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष का अंतिम त्रयमास शुरू हो गया है ऐसे में सभी विभागों से जुड़े अधिकारी राजस्व प्राप्ति की गहन समीक्षा करते हुए लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करें उन्होंने कहा कि जीएसटी के तहत अधिक राजस्व प्राप्ति के लिए रणनीति बनाई जाये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सर्वसम्मति से श्री सोमनाथ मंदिर न्यास का अगला अध्यक्ष चुना गया है यह न्यास गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन नगर में स्थित विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करता ह श्री मोदी को श्री सोमनाथ न्यास की वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक में अध्यक्ष पद के लिए चुना गया प्रधानमंत्री भी इस बैठक में मौजूद थे

बैठक में सुविधाओं वर्तमान गतिविधियों और परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई

आज नामांकन पत्रों की जाच का आखिरी दिन था एक मात्र निर्दलीय उम्मीदवार महेश चन्द्र शर्मा का पर्चा जांच के दौरान खामी पाये जाने के चलते निरस्त कर दिया गया अब सभी उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना तय है

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि देशभर की एक हजार मंडियों को ई नाम पोर्टल से जोड़ा गया है उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि किसानों को उनकी फसला का लाभकारी मूल्य देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है श्री जावडेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार ने एक राष्ट्र एक बाजार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ई नाम पोर्टल की घोषणा की थी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

ई संजीवनी ऐप के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श लेने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है

प्रदेश में स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड टीका लगाने का कार्य भारत सरकार के दिशा निर्देशों और कम के अनुसार लगातार जारी है

देश म इस समय सक्रिय मामलों की संख्या करीब दो लाख है जो कुल संक्रमित मामलों का सिर्फ एक दशमलव नौ प्रतिशत है ब्रिस्बेन में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट श्रृंखला के चौथे और अंतिम मैच में तीन विकेट से हराकर इतिहास रचा है और बार्डर गावसकर ट्राफी अपने पास बरकरार रखी है

भारत के लिए दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने पांच विकेट लिए जबकि शारदुल ठाकुर ने चार विकेट लिए और वाशिंगटन सुंदर ने एक विकेट लिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम की जीत पर प्रसन्नता व्यक्त की है एक ट्वीट में श्री मोदी ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि टीम ने पूरे मैच में अपने जोश और क्षमता का प्रदर्शन किया रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने टीम को बधाई देते हुए कहा है कि हाल के दिनों में यह जीत यादगार है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भी इस जीत पर टीम को बधाई देते हुए कहा कि सभी खिलाडियों ने पूरी तत्परता से खेल भावना का प्रदर्शन किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जीत पर भारतीय टीम को बधाई दी है उन्होंने कहा कि यह विजय टीम इंडिया के द्रढ़संकल्प धैर्य और अनुशासन को समर्पित है कामना है कि टीम इंडिया भविष्य में भी ऐसे ही कीर्तिमान स्थापित करती रहे खालसा पंथ के संस्थापक दसवें सिख गुरू गोविन्द सिंह जी की जयंती कल श्रद्वा और भक्तिभाव से मनाई जायेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जयंती की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है

प्रदेश में अभी कुछ दिनों तक शीतलहर जारी रहेगी मौसम विभाग के अनुसार अगले कई दिनों तक शीतलहर चलने की सम्भावना है राज्य के अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से दो से पांच डिग्रो सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया

केन्द्र सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच आज होने वाली पूर्व निर्धारित वार्ता अब कल नई दिल्ली में होगी कृषि मंत्रालय द्वारा कल देर रात जारी एक वक्तत्व में नए कार्यक्रम की पुष्टि की गई और किसानों के मुद्दे सलझाने के लिए सरकार की प्रतिबद्वता दोहराई गई है इस बीच प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतें सुनने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति की आज पहली बैठक हो रही है

इन कानूना के खिलाफ किसान संगठन राजधानी की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं